इतिहास में पहली बार डिजिटल प्रारूप में होगा बजट

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा यह बजट एन्ड्रोयड और आई ओ एस प्लेटफार्म पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से भी देखा जा सकता है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पोलियो का पूरी तरह खात्मा करने के लिए अभियान में आमजन और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी आवश्यक है

वहीं इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से निकाली जाने वाली रैली को मंत्री श्री सिलावट द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया

उमरिया सागर देवास धार बैतूल शाजापुर आगरमालवा ग्वालियर गुना शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों में पोलियो अभियान शुरू होने के समाचार मिले हैं आज से स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे तोमर कृषि कानून कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नये कृषि कानूनों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी व्यवस्था और मंडियों पर कोई असर नहीं पडेगा उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के अंतर्गत मंडियां अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी और सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में कम लागत आयेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर श्री तोमर ने कहा कि नये किसी कानूनों से किसानों को अपने उत्पादों को किसी को भी और कहीं भी बाधा रहित माहौल में बेचने के अधिक अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिलेगी

क्योंकि केन्द्र सरकार ने आज से सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉलों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है सिनेमा हॉलों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स को सौ प्रतिशत सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने अपने आंकलन के अनुसार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं केंटेनमेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है वनाधिकार पत्र जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में पात्र वनवासियों को उनकी भूमि के वनाधिकार पत्र जल्द से जल्द दिलायें इनके लिये उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये हैं मंत्री सुश्री मीना सिंह शनिवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में समीक्षा कर रही थी इस मौके पर प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल मौजूद थी प्रदेश में पूर्व में निरस्त दावों के पुनरू परीक्षण का कार्य किया जा रहा है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने द्वनिया के सामने एक मिसाल पेश की है कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बडा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मा गौरव का प्रतीक है